ई गोपाला ऐप का भी किया लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन किया उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरूआत की जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार के दस जिलों में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित दो सौ चौरानवे करोड़ रूपये की योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा अग्रणी कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है इस योजना पर बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि निवेश की जायेगी अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि है इसका उद्देश्य वर्ष दो हजार चौबीस पच्चीस तक अतिरिक्त सत्तर लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं के शुरू करने का उद्देश्य इक्कीसवीं शताब्दी के भारत के सभी गांव को आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाना है

श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के इक्कीस राज्यों में शुरू की जा रही है उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षो में इन योजनाओं पर बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये जायेंगे साउंड बाईट इसी के तहत ही बिहार के पटना पुर्णिया सीतामढी मधेपुरा किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है इससे मछली उत्पादकों को नया इफ्रास्टक्चर मिलेगा आधुनिक उपकरण मिलेंगे नया मार्केट भी मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र को नये आधार आधुनिक साजो सामान और नये बाजार मिलेंगे उन्होंने कहा कि देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है साउंड बाईट मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है लक्ष्य यह भी है कि आने वाले तीन चार साल में मछली नियांत को दोगुना किया जाए इससे सिर्फ फिशरिश सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि सीधे तौर पर देश के दस करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाता में जमा करा दी जाएगी इनमें से लगभग पचहत्तर लाख किसान बिहार के हैं उन्होंने कहा कि अब तक बिहार के किसानों के बैंक खातों में लगभग छह हजार करोड़ जमा कराये जा चुके हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में स्थानीय उत्पादों को जितना बढ़ावा मिलेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान को उतनी ही ताकत मिलेगी और बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा

साथ ही किसानों को पशुपालन मछली पालन और दुग्ध उत्पादन के लिये भी प्रेरित किया जा रहा है जिससे राज्य अब इन क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चूका है

आकाशवाणी से बातचीत में ब्रजेश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की ख्शी है कि प्रधानमंत्री किसानों पश्पालकों और मछली पालकों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की पहल कर रहे हैं

पार्टी अध्यक्ष को लिखे अपने इस्तीफा पत्र में श्री सिंह ने कहा है कि उन्होंने बत्तीस सालों तक निःस्वार्थ भाव से सेवा की लेकिन अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं उन्होंने कहा कि राजद में उन्हें नेता और कार्यकर्ता सभी का भरपूर साथ और सहयोग मिला जिसके लिये वे आभारी हैं गौरतलब है कि श्री सिंह लोजपा के पूर्व सांसद रामा सिंह को राजद में लाने के प्रयास से खफा थे पहली बार जब रामा सिंह ने खूद राजद में शामिल होने की घोषणा की थी तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था फिलहाल रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली एम्स में फेफड़े के संक्रमण का इलाज चल रहा है इधर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम लिखे एक पत्र में उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अस्सी पर मुंगेर भागलपुर पीरपैंती और कहलगांव को जोड़ने वाली एक सौ बीस किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है यह दो लेन की सड़क होगी जिसमें कुछ हिस्से चार लेन के होंगे श्री गडकरी ने अधिकारियों को अगले तीन महीनों के भीतर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है उन्होंने इस खंड पर तत्काल मरम्मत कार्यों के लिए बीस करोड़ रुपये जारी करने का भी आदेश दिया श्री गडकरी ने कहा कि इस क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक संपर्क सड़क होगी जिस पर रोजाना लगभग पच्चीस हजार वाहनों का आवागमन होगा उन्होंने कहा है कि इस सड़क के पूरा हो जाने से राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड उन्नीस के एक हजार पांच सौ तैंतालीस नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख तिरपन हजार सात सौ पैंतीस हो गयी है आज सबसे अधिक दो सौ दो मामले पटना जिले से सामने आये हैं भागलपुर से छियानवे पूर्णिया से बानवे कटिहार से अस्सी मुजफ्फरपुर से बहतत्तर अररिया से सड़सठ और मधुबनी से तिरसठ मामलों की पूष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इसी अवधि में एक हजार चार सौ अस्सी मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख सैंतीस हजार दो सौ इकहत्तर हो गयी है स्वस्थ होने की दर नवासी दशमलव दो नौ प्रतिशत है वहीं एक दिन में दस लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर सात सौ पचासी हो गयी है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या सत्रह हजार एक सौ अड़सठ है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के रिकार्ड पंचानवे हजार सात सौ पैंतीस नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौवालीस लाख पैंसठ हजार आठ सौ तिरसठ हो गयी है वहीं इसी अवधि में बहत्तर हजार नौ सौ उनतालीस लोगों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी अब तक चौंतीस लाख इकहत्तर हजार सात सौ तिरासी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर सतहत्तर दशमलव सात चार प्रतिशत तक पहुंच गई है वहीं एक दिन में एक हजार एक सौ बहत्तर मरीजों की इस वैश्विक महामारी से मौत हुई है इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या पचहत्तर हजार बासठ हो गई है वर्तमान में मृत्यू दर एक दशमलव छह आठ प्रतिशत पर है नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को साफ सफाई रखने की सलाह दी है साउंड बाईट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करे कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे रेपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाये जाने वाले कोरोना लक्षण वाले सभी मामलों की अनिवार्य रूप से आरटी पीसीआर के जरिये फिर से जांच करें मंत्रालय ने पाया है कि कुछ बड़े राज्यों में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को रेपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाये जाने के बावजूद उनकी आरटी पीसीआर जांच नहीं की जा रही है दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र के तेरह दुकानों को कोविड उन्नीस के तहत जारी आदेश का पालन नहीं करने के कारण सील कर दिया गया है वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों में काम कर रहे लोग न तो मास्क का उपयोग कर रहे थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था शेखपुरा जिला पुलिस की साइबर सेल ने कुख्यात कोढ़ा गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है कटिहार जिले के पोठिया पुलिस चौकी क्षेत्र के कुसियारी गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक मवेशी व्यापारी की पीट पीटकर हत्या कर दी वैशाली जिले के विद्युप्र थाना क्षेत्र के रजासन गांव के पास सड़क दुर्घटना में गृह रक्षा वाहिनी के एक जवान की मौत हो गयी शिवहर पुलिस द्वारा चलाये गये विशेष अभियान के तहत विभिन्न आपराधिक मामलों के उन्नीस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने पचहत्तर कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है भोजुपर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गोलीबारी की इस घटना में दो लोग घायल भी हो गये

ई गोपाला ऐप का भी किया लोकार्पण